केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के पांच केन्द्रीय उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी बेचने की अनुमति दे दी है मंत्रिमण्डल की आर्थिक कार्यसमिति ने भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड भारतीय जहाजरानी निगम भारतीय कंटेनर निगम उत्तर पूर्वी विद्युत ऊर्जा निगम लिमिटेड और टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड में कार्यनीतिक विनिवेश की मंजूरी दी इन सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्त राशि का इस्तेमाल जन कल्याण के लिए सरकार के सामाजिक क्षेत्र और विकास कार्यक्रमों में किया जाएगा

वित्तमंत्री ने कहा कि निजीकरण से पहले कंपनी से असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी को वापस लिया जाएगा यह रिफाइनरी अन्य उपक्रम को दी जाएगी केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने देश में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को काबू में रखने के लिए एक लाख बीस हजार मीट्रिक टन प्याज के आयात की मंजूरी दे दी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कल संवाददाताओं को यह जानकारी दी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश और केन्द्र सरकार किसानों की सच्ची हितैषी है और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिये लगातार प्रयास कर रही है

श्री योगी आज बस्ती के मुडेरवां में उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड की चार सौ करोड़ रूपये की लागत से बनी बंद पड़ी मुंडेरवां चीनी मिल का शुभारम्भ कर रहे थे इस चीनी मिल की पेराई क्षमता पांच हजार टीसीडी है इसके अलावा मिल से सत्ताईस मेगावाट बिजली भी पैदा की जायेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने राज्य में चीनी मिलों को बेचने का काम किया और भाजपा की सरकार बद चीनी मिलों को चलाने और नई चीनी मिले खोलने का काम कर रही है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है

उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का तेजी से विकास कर रही है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एक अरब सोलह करोड़ रूपये की विभिन्न उन्चास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि चीनी मिल के लिये एक लम्बा संघर्ष किया गया

आज उसका उद्घाटन हुआ है शुगर मिल लाखों किसानों को उसका उसका फायदा होगा हजारों नौजवानों को रोजगार मिलेगा और साथ ही साथ वहां व्यापार डेवलप होगा देश का विकास होगा

कार्यक्रम में गन्ना मंत्री सुरेश रणा राज्य मंत्री सुरेश पासी सांसद जगदम्बिका पाल मौजूद रहे

इस सिलसिले में लखनऊ के गोमतीनगर थाने में एफ आई आर दर्ज कराई गई है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

भारतीय अंतराष्ट्रीय फिल्मोत्सव के स्वर्ण जयंतो समारोह की कल गोआ के पणजी में रंगारंग शुरुआत हुई महोत्सव का उद्घाटन सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया उन्होंने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम यानी एक ही छत के नीचे देश में फिल्मों की शूटिंग की अनुमति देने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक संख्या में फिल्म निर्माता भारत की तरफ आकर्षित होंगे गोल्डन पीकॉक पुनरावलोकन खण्ड में आज आठ देशों की आठ फिल्में दिखाई जाएंगी गोआ में भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित स्टार अमिताभ बच्चन की फिल्में आकर्षण का केन्द्र बनी हुई हैं उनकी हिट फिल्में आज महोत्सव में दिखाई जा रही हैं गोआ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव अमित खरे और अनेक गण्यमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान उपस्थित थे अमिताभ बच्चन ने कहा कि वह गोवा में वापस आन के लिए बड़े ही उत्साहित थे

अपनी भूमिकाओं की विविधताओं के लिए प्रसिद्ध उन्होंने गायन नृत्य और कॉमेडी में अपनी प्रतिभा दिखाई है

फसलों के अवशेषों को खेत में ही सड़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा दवा का कैप्सूल तैयार किया गया है इस कैप्सूल के इस्तेमाल से फसल अवशेष और पराली को खेतों में ही नष्ट करने में काफी मदद मिलेगी एक रिपोर्ट कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित कैप्सूल से सबको राहत मिलने की उम्मीद है कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शैलेन्द्र सिंह ढाका ने कैप्सूल के बारे में बताया विभिन्न प्रकार की फसलों के अवशेष जैसे कि धान की पराली या गन्ने की पत्ती को खेत में गलाने की एक समस्या रहती है इस समस्या के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा एक सूक्ष्म जीवों का कंबीनेशन तैयार किया गया है

जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव की मानें तो कैप्सूल से फसल अवशेष खेत में सड़ने से जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और किसानों की आमदनी में भी इजाफा होना तय है सतीश मिश्र आकाशवाणी समाचार पीलीभीत भारत और नेपाल के बीच पौराणिक संबंध रहे है इन्हीं संबंधों को विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से और प्रगाढ़ किया जाता रहा है रामकथा पर आधारित राम बारात आज अयोध्या से जनकपुर नेपाल के लिये रवाना हो गई इस बारात में लगभग एक सौ पचास संत और विहिप के अनुशांसिक संगठन धर्म यात्रा के पदाधिकारी शामिल है और विवरण हमारे प्रतिनिधि से भारत और नेपाल देश की मित्रता के रूप में जानी जाने वाली राम बारात लेकर दशरथ नंदन जनक नंदनी को ब्याहने अयोध्या से नेपाल के जनकपुर आज प्रस्थान कर गए

विहिप के केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्य प्रुरुषोत्तम नारायण सिंह ने कहा कि पुरातन स्मृत को जागृत करने भारत नेपाल सम्बन्ध को मजबूत करने और लोक कल्याण की कामना के साथ यह बारात आज जनकपुर जा रही है राजेन्द्र सोनी आकाशवाणी समाचार अयोध्या केन्द्रीय मंत्रिमण्डल न एक विधेयक को मंजूरी दे दी है जिसमें राजधानी दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले करीब चालीस लाख लोगों को मकानों के मालिकाना अधिकार मिल सकेंगे

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने आज राजधानी लखनऊ में बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और टीकाकरण के महत्व पर आधारित और बाल्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में निःस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोगो के कार्यो पर आधारित एक फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया फोटो प्रदर्शनी का आयोजन पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टचोट्यूट आफ मेडिकल ऐजुकेशन एण्ड रिसर्च इंटरनेशनल वैक्सीन एक्सेस सेन्टर जॉन हापकिंस स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजीज और चाइल हेल्थ फाउंडेशन की ओर से किया गया